इनमें नगरोटा बगवां में संयुक्त कार्यालय भवन राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज मस्सल के प्रशासनिक ब्लॉक व प्रशिक्षु छात्रावास के उद्घाटन सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालु गलोआ के साईंस ब्लॉक का शिलान्यास शामिल है इसके अलावा मुख्यमंत्री चंगर क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लिये पेयजल योजना का शिलान्यास भी करेंगे भेंट हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष हरबंस सिंह ब्रसकोन के नेतृत्व में कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सेवा अधिकारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्शलतापूर्वक कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने अधिकारियों से समर्पण के साथ कार्य करने को कहा ताकि सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके

सुभाष ठाकुर विधायक सुभाष ठाकर ने कहा है कि प्रदेश के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका रहती है बिलासपुर में आयोजित सहकारी सप्ताह समारोह के अवसर पर कल उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सहकारिताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता आंदोलन की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में सहकारी सभाओं का गठन किया गया है

प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सूबे में सामान्य तबादलों पर पूर्ण रोक दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल में ट्रांसफरों पर लगी रोक जारी विशेष परिस्थितियों में सीएम की इजाजत से होंगे तबादले दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल में बदलियों पर फिर रोक सिर्फ दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा तबादला आदेश हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कर्मचारी तबादलों पर प्रतिबंध में ढील केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण मामले पर पंजाब केसरी की सुर्खी है खन्ना ने जयराम अनुराग से बातचीत करके हाईकमान को वस्तुस्थिति बताई दैनिक जागरण के अनुसार सीयू को मिलेगा वन भूमि का कब्जा विश्वविद्यालय के नाम नहीं होगा देहरा में जमीन का इंतकाल कोरोना महामारी पर अमर उजाला के शब्द हैं कोरोना संक्रमित गंभीर रोगियों को वेटिलेटर पर नहीं रखने की सलाह

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है हिमाचल मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिमला समेत कई जगह छाए रहे बादल तापमान में गिरावट